नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अटल जी का अंतिम संस्कार किया गया पूर्व प्रधानमंत्री की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और तीनों र्सनाओं के प्रमुखों सहित देश विदेश के नेताओं और कई गणमान्य व्यक्ति अटल जी की अंतिम संस्कार में शामिल हुए अटल जी के निधन पर पूरे दे में शोक की लहर उनके सम्मान में दे में सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा

भाजपा प्रदे मुख्यालय में कई बडे नेताओं और गणमान्य लोगों ने दी श्रद्धांजलि अंतिम संस्कार भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर प्रे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया उनकी दत्तक प्त्री नमिता ने उन्हें मुखाग्नि दी परसों हरिद्वार में स्वर्गीय अटल जी की अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा

स्वर्गीय वाजपेयी के देहांत के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान पर ले जाया गया जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए कल रात से ही बड़ी संख्या में विभिन्न नेताओं सहित गणमान्य लोग पहुंचते रहे

अंतिम संस्कार के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और विभिन्न दलों के प्रमुख नेता अंतिम संस्कार के समय उपस्थित थे सार्क देशों के प्रतिनिधि और पड़ोसी देशों के प्रमुख नेताओं ने भी स्वर्गीय अटल विहारी बाजपेयी के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित किए अंतिम विदाई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अंतिम यात्रा में आज जनसैलाब उमड़ पड़ा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अंतिम यात्रा में शामिल हुए ये सभी नेता और गणमान्य लोग पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चल रही अंतिम यात्रा में चल रहे थे लोकप्रिय जन नेता के सम्मान में सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है

केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों में आज आधे दिन का अवकाश रहा अधिकांश राज्य सरकारों ने भी दिवंगत नेता के सम्मान में आज अवकाश घोषित किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर अपने उदगार व्यक्त किए

देहरादून में आयोजित बैठक में अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने अधिकारियों को शहर की सड़कों का सौन्दर्यीकरण करने के साथ ही नगर में प्राईवेट पार्किंग वेन्डिंग जोन और बस स्टॉप का निर्माण करने को कहा उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों से ऐसी सड़कों की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा जहां पर यातायात का दबाव अधिक है श्री ओमप्रकाश ने बताया कि सड़कों के प्नर्निर्माण और सौन्दर्यीकरण का काम विभिन्न चरणों में किया जाएगा उन्होंने कहा कि पहले चरण में सड़कों के किनारे लगे हए बिजली के पोल और बिजली की लाईन की शिफ्टिंग का काम होगा दूसरे चरण में सड़कों के किनारे नाली और डक्ट के निर्माण का कार्य किया जायेगा जबकि तीसरे चरण में सड़क के डामरीकरण और सौन्दर्यीकरण का काम होगा गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में राजधानी देहरादून में अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है

जिला योजना की बैठक में प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने आज इन विकास कार्यों को पास किया

श्रीमती आर्या ने कहा कि इस बजट में जो भी प्रस्ताव शामिल किये गये हैं उन्हें तय समय के भीतर पूरा किया जायेगा इससे पहले उन्होंने जिला पंचायत परिसर में स्थापित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया

उत्तराखंड के निर्माण का श्रेय अटल जी को ही जाता है

इसमें सबसे निर्णायक भूमिका अटल जी की थी राज्य गठन के अलावा प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में वाजपेयी जी ने उत्तराखंड को विशेष औद्योगिक पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे से भी नवाजा अटल जी के निधन पर आज समूचा राज्य शोक संतप्त है

इस अवधि में राज्यभर में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे भाजपा प्रदेश मुख्यालय में अटल जी को श्रद्वांजलि दी गई बीजेपी महानगर कार्यालय देहरादून में भी अटल जी को नमन कर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की गई पार्टी विधायक खजान दास बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश बंसल के साथ ही राज्य आंदोलकारी सुशीला बलूनी ने भी अटल जी को श्रद्वांजलि अर्पित की और देश और प्रदेश के प्रति उनके योगदान को याद किया कांग्रेस नेताओं ने भी देश के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन किया और उनके प्रति अपनी संवेदनाए व्यक्त की

उस महान आत्मा की विदाई से जो रिक्ति आई है उसकी भरपाई कर पाना नितान्त मुश्किल है